सुपौल के दर्जनों गांवों में फैला बाढ़ का पानी

बेंगलुरू में आयोजित मंत्री समूह की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में टीडीएस बड़े निर्माण विभागों मसलन सड़क और सिंचाई परियोनओं से जुड़े ठेकेदारों पर लागू की जायेगी उन्होंने कहा कि टीडीएस काटने से सामान या सेवा की आपूर्ति करने वालों को नुकसान नहीं होगा श्री मोदी ने कहा कि कर चोरी को रोकने के लिये नवीनतम तकनीक का सहारा लिया जा रहा है

यह एक्सप्रेस वे लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा और इस पर तेईस हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि इस प्र्वांचल एक्सप्रेस वे को नेशनल हाईवे के जरिये बलिया होते हये पटना तक जोड़ा जायेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से दिल्ली से पटना का सफर दस घंटे में तय किया जा सकेगा

कोसी नदी में बाढ़ आने से सुपौल के दर्जनों गांव में पानी फैल गया है इससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है बाढ़ के कारण धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है कोसी तटबंध के अंदर बसे गांवों के लोग पलायन करने लगे हैं उधर गोपालगंज जिले के बरौली के सिकटिया गांव के समीप गंडक नदी के पानी के रिसाव के कारण सलेमपुर बांध पर खतरा बढ़ गया है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है

इसके साथ ही रक्सौल नरकटियागंज रेलखंड का दोहरीकरण कार्य भी दुर्गा प्रजा तक पूरा कर लिया जायेगा उन्होंने पटना में कहा कि हाजीप्र मुजफ्फरपुर रेलखंड सहित कई रेलखंडों में विद्युतीकरण और दोहरीकरण का कार्य चल रहा है श्री त्रिवेदी ने कहा कि रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये गठित एपीवी पर भी इसी महीने अपनी सहमति दे देगी डीपीआर को लोक वित्त आयोग को भेज दिया गया है इसे मंजूरी के लिये कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा और मंजूरी मिलने के बाद केंद्र को भेजा जायेगा इसके बाद केंद्र सरकार पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के शिलान्यास की तारीख तय कर सकती है

समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कम्पार्टमेंटल परीक्षा के लिये दो लाख सत्रह हजार से अधिक परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है इधर इंटर की कम्पार्टमेंटल परीक्षा ली जा रही है बोर्ड ने दावा किया है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हो रही है

इस परीक्षा में नब्बे हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं इसका आयोजन नालंदा खुला विश्वविद्यालय कर रहा है एनओयू के रजिस्ट्रार एस पी सिन्हा ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त बनाये रखने के लिये व्यापक इंतजाम किये गये हैं हर परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किये गये हैं

रेरा के सूत्रों ने बताया कि जमीन मकान की खरीद बिक्री करने वाले प्रोपर्टी डीलरों का रेरा से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है लेकिन अब तक मात्र ग्यारह प्रोपर्टी डीलरों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है इसको देखते हये रेरा ने प्रोपर्टी डीलरों को फिर से नोटिस भेज कर इकतीस जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा लेने का निर्देश दिया है रेरा ने कहा है कि जो प्रोपर्टी डीलर रजिस्ट्रेशन नहीं करायेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी

परीक्षा पिछले तीन जून को आयोजित की गयी थी

भागलपुर में उन्होंने कहा कि चौरासी किलोमीटर के कच्चे कांवरिया पथ में सभी चापाकल और शौचालयों को ठीक किया जा रहा है श्री झा ने कहा कि कांवरियों के स्नान करने के लिए मार्ग में चार सौ से अधिक झरने लगाये जायेंगे

राज्य के कई जिलों में विशेषकर दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा होने के कारण कृषि पर काफी असर पड़ा है मुसलाधार बारिश के लिये जाने वाले आसाढ़ महीने में अभी तक मात्र दो सौ दो दशमलव दो मिलीमीटर बारिश हुयी है इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो तीन दिनों तक आसमान में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है साथ ही तीन चार दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने से अच्छी बारिश होने की संभावना है

खिताबी मुकाबले को लेकर प्रदेश के फुटबॉल प्रेमियों में भी खासा उत्साह है फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले के रोमांच को लोगों तक पहुंचाने के लिये राजधानी पटना के कुछ होटलों और रेस्ट्रेंटों में विशेष व्यवस्था की गयी है ताईवान में तेरह से उन्नीस अगस्त तक होने वाली अंडर ट्वेल्व बेस बॉल चैंपियनशिप के लिये चुनी गयी भारतीय टीम में प्रदेश के अनिकेत कुमार का चयन किया गया है पटना में चल रही बीसवीं राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के पहले दो स्वर्ण पदक छपरा के आकाश कुमार और निर्मल कुमार ने जीता पटना जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में अनामिका कुमारी ने रिचा कुमारी को इक्कीस आठ इक्कीस सत्रह से पराजित कर दिया

हिन्दुस्तान ने जीएसटी समूह के मंत्रियों की बैठक से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है जीएसटी के तहत अक्टूबर से टीडीएस लगेगा दैनिक जागरण ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक शुरू होगा बुलेट ट्रेन का निर्माण इसी अखबार ने एक अन्य खबर का शीर्षक लगाया है वाया बक्सर बिहार को यूपी से जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रभाव खबर ने एसबीबीएस में नामांकन के लिये शुल्क तय करने से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है एमबीबीएस में दाखिले के लिये आठ लाख से आठ लाख अड़तीस हजार का शुल्क तय दैनिक भास्कर ने पूरी में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

सुपौल के दर्जनों गांवों में फैला बाढ़ का पानी